कोरोना वायरस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बहत से विभाग एक साथ मिलकर विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हरसंभव उपाय किये जायेंगे उन्होंने कहा कि डॉक्टर नर्से और अन्य स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और उनके इस योगदान की हमेशा सराहना की जायेगी उन्होंने जोर दिया कि सभी को स्वस्थ रखने के साथ ही संक्रमित लोगों को उचित इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि गैर जरूरी यात्राओं को टालने और सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहने के प्रयास किये जाने चाहिए कोरोना वायरस मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जितनी भी राशि लगेगी उसे राज्य आपदा राहत कोष के जरिये प्रदान करेगी मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए स्वास्थ्य सचिव को प्रदेश में और अधिक जांच केन्द्र खोलने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने इस बीमारी से बचाव के साथ ही दवाईयों के लिए राज्य आपदा राहत कोष से तत्काल व्यवस्था करने को कहा है गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया हुआ है वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार इस वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान की जा रही है इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन के लिए प्रदेश में भी सभी ऐहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कोरोना वायरस की जांच की प्रक्रिया को और अधिक विस्तार से कराने की मांग की है अपने पत्र में उन्होंने प्रदेश में परीक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के साथ ही अधिक से अधिक संख्या में जांच किट मुहैया कराने को भी कहा है श्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में परीक्षण के लिए केवल एक ही केन्द्र हैं और इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है कोरोना वायरस खाद्य वितरण जेल बंदी वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए खाद्य विभाग ने प्रदेश में सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में अनाज वितरण के लिए आधार प्रमाणीकरण को इकतीस मार्च तक स्थगित करने का निर्णय लिया है इस दौरान राशन दुकानों से अनाज वितरण में हितग्राहियों से बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण नहीं कराया जाएगा खाद्य विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने राज्य के सभी संभागायुक्त कलेक्टरों और खाद्य अधिकारियों को अनिवार्य रूप से इन निर्देशों का पालन करने को कहा है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश की सभी जेलों में कैद बंदियों को इकतीस मार्च तक उनके परिजनों से मिलने पर भी रोक लगा दी गई है जेल मुख्यालय द्वारा इस संबंध में सभी जेल अधीक्षकों को परिपत्र जारी कर आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा गया है परिपत्र के अनुसार बंदियों को बहत जरूरी होने पर केवल उनके वकीलों से ही पूरी सावधानी के साथ मिलने की अनुमति दी जाएगी वहीं बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए नवरात्र पर्व पर रतनपुर महामाया मंदिर में जसगीत भंडारा और भागवत कथा के आयोजन को स्थगित रखने के आदेश दिए हैं नवरात्रि के दौरान श्रद्वालुओं को मंदिर में हर दिन रात दस बजे तक ही देवी दर्शन की अनुमति दी जाएगी मंदिर के सेवकों और श्रद्वालुओं के लिए सेनेटाइजर और मास्क भी रखे जाएंगे इसके साथ ही कलेक्टर ने शहर में संचालित सभी कोचिंग सेंटरों को भी आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर में भी रोप वे बंद कर दिया गया है साथ ही जगह जगह मेडिकल टीम तैनात की जाएगी धमतरी में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आबकारी अमले को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इसके तहत जिला आबकारी अधिकारी ने शराब दुकानों में भीड़ एकत्र नहीं होने देने को कहा है वहीं गंगरेल बांध में होने वाली जल क्रीडाओं पर भी रोक लगा दी गई है

सदन की अगली बैठक छब्बीस मार्च को होगी होली अवकाश के बाद आज सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई आज प्रश्नकाल शुरू होने से पहले कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव रखा विपक्षी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए इसे लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक हुई इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल स्थगित कर दिया प्रश्नकाल के बाद जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हुए निर्णय का हवाला देते हुए सदन की कार्यवाही छब्बीस मार्च सुबह ग्यारह बजे तक स्थगित करने का प्रस्ताव रखा इसके बाद विपक्षी सदस्य आक्रोशित हो गए और उन्होंने गर्भगृह पहुंचकर कार्यसूची को फाड़कर आसंदी की ओर उछाल दिया इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही छब्बीस मार्च तक के लिए स्थगित कर दी इस व्यवस्था के विरोध में विपक्षी सदस्य गर्भगृह में धरने पर बैठ गए बाद में कांग्रेस विधायकों ने भाजपा सदस्यों द्वारा गर्भगृह में पहुंचकर कार्यसूची का पन्ना फाड़े जाने के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की मांग की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विपक्षी सदस्यों के इस व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए इस घटना को लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन करार दिया

इसके तहत प्रभावित देशों या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों का विचरण उनके घर तक ही सीमित करने के लिए होम आइसोलेशन यानी मरीज के लिए पूरी तरह से अलग कमरे की व्यवस्था करने को कहा गया है इस कार्य में संबंधित जिले के कलेक्टर और जिला चिकित्सा अधिकारी के अलावा संक्रमित व्यक्ति के परिजनों के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं इस निर्देश में विशेष रूप से यह भी कहा गया है कि प्रभावित व्यक्ति को चौदह दिनों तक एक अलग कमरे में रखा जाना चाहिए इस दौरान मरीज के लिए अलग टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था भी होनी चाहिए साथ ही उसकी नियमित चिकित्सा के लिए भी आवश्यक व्यवस्था उसी कमरे में की जानी चाहिए इस दौरान मरीज के परिजनों को भी प्रभावित व्यक्ति से कम से कम संपर्क रखना चाहिए साथ ही स्वयं की सुरक्षा के लिए ऐहतियात के सभी उपाए करने चाहिए मुख्य सचिव राज्यगीत प्रदेश के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने राज्य गीत के प्रचार प्रसार के लिए कृछ नए तौर तरीके सुझाए हैं इसके तहत शासकीय कार्यक्रमों में अरपा पैरी के धार महानदी हे अपार इस गीत के शब्दों की छपाई वाली कोसा सिल्क साड़ियों या स्टोल को भी प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया जा सकेगा मुख्य सचिव ने कहा कि इससे प्रदेश के हथकरघा बनुकरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं गौरतलब है कि राज्य सरकार ने डॉक्टर नरेन्द्रदेव वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार महानदी हे अपार को राज्य गीत घोषित किया है छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास तथा विपणन सहकारी संघ द्वारा कोसा और सूती साड़ियों तथा शॉल स्टोल और साफा में हाथकरघा के माध्यम से राजगीत को उकेरा गया है संघ के इस प्रयास से जहां राज्यगीत का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है वहीं बुनाई कढ़ाई के माध्यम से राज्य के बुनकरों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और मध्यप्रदेश के ऊपर सक्रिय कम दबाव के क्षेत्र के कारण पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के समाचार मिले हैं वहीं धमतरी और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रदेश में अगले दो दिनों तक तापमान में बढ़ोत्तरी होने की संभावना नहीं है संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियों के प्रमुख शैलेन्द्र शुक्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को त्याग पत्र भेज दिया है राजनांदगांव जिले के रगरा सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक और एक लिपिक को वित्तीय गड़बड़ी के कारण बर्खास्त कर दिया गया है सुकमा जिले के दोरनापाल में पिछले एक हफ्ते के दौरान पचास से अधिक सुअर और मुर्गियों की मौत होने की खबर है पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं जांजगीर चांपा जिले के राहौद में अज्ञात चोरों ने सोने चांदी की दुकान से लाखों रूपये के जेवर चुरा लिए